सदस्यों ने अध्यक्ष के सुझाव का स्वागत किया और चर्चा कराने पर सहमति जताई महाबोद्धि महोत्सव रायसेन के साँची में संस्कृति विभाग द्वारा कल से दो दिवसीय महाबोधि महोत्सव शुरू हो रहा है कलाओं में बौद्ध विचार पर एकाग्र इस महाबोधि महोत्सव के प्रथम दिन कल सुरेखा कामले की बुद्ध वंदना और गीत से महोत्सव की शुरुआत होगी इसी दिन जापान के कलाकार माय मीचिओ यसुदा द्वारा लोकसंगीत की प्रस्तुति होगी साथ ही जातक कथा स्वर्णमूग एकाग्र नाट्य प्रस्तुति एवं नृत्य नाटिका आम्रपाली की प्रस्तुति दी जाएगी

इसके अलावा बोध विचार एकाग्र नाटिका शून्यता का मंचन होगा

छापामार इंदौर के पास देपालपुर पंचायत सचिव योगेश द्वे के घर लोकायुक्त पुलिस ने छापामार कार्यवाई की है इनके खिलाफ काफी समय से आय से अधिक संपत्ति मामले में शिकायतें आ रही थी लोकायुक्त की टीम ग्राम पंचायत अत्याना स्थित उनके निवास से चल अचल संपत्ति की जानकारियां जुटा रही है

सुरक्षा व्यवस्था में करीब चार हजार अधिकारी और कर्मचारी तैनात हैं जिनमें जिला पुलिस बल एसएएफ एसटीएफ शामिल हैं इस तब्लीगी इज्तिमा में देश विदेश की मुस्लिम जमातें हिस्सा लेती हैं और इस दौरान इस्लामिक विदवान अपनी तकरीरें पेश करते हैं

इस एप के माध्यम से जरूरतमंद व्यक्ति नमाज स्थल बुजु स्थल पानी शौचालय अस्पताल पार्किंग कन्ट्रोल रूम की जानकारी के साथ हेल्प डेस्क से सहायता भी प्राप्त कर सकेंगे

इसमें जिले के पात्र युवा शामिल हो सके इसके लिए विकासखण्डों में विशेष प्रशिक्षण और फिटनेस शिविर का आयोजन किया जा रहा है